उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट का युग है लेकिन गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले विद्यार्थी लैपटॉप खरीदने में असमर्थ होते हैं इसीलिए प्रदेशसरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने का निर्णय लिया है

पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस मौके पर मौजूद थे मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से फील्ड में उतरकर किसानों तक पहुंचने को कहा है ताकि उनके अनुभव और अनुसंधानों का किसान फायदा उठा सके मारकंडा आज बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बंद कमरों में किए गए अनुसंधान का तब तक फायदा नहीं है जब तक वे किसानों तक नहीं पहुंचे

इस कार्यशाला में प्रदेशभर से कृषि और बागवानी अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा किसानों की आय दोगुना करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार परवाणु में इंडोर स्टेडियम बनाने की संभावनाओं का पता लगाएगी

सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित कर युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने सभी लोगों से किसी न किसी खेल में हिस्सा लेने की अपील की सैजल ने इस अवसर पर नशा निवारण जागरण अभियान के तहत नशा निवारण जागरण पट्ट पर हस्ताक्षर भी किए रैली प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा आज सोलन में देश बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया इस मौके पर पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने इस मौके पर आरोप लगाया कि भाजपा दोगली राजनीति में विश्वास करती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं और जनता मंहगाई से त्रस्त है फिर भी केन्द्र और प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को दिखाए गए सपनों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे विकमादित्य सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र की कोट पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे

कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर विकास के मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया

उन्होंने परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने का भी आहवान किया ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी पीढ़ी तैयार की जा सके सोनी ने कहा कि नकल एक मीठा ज़हर है जो विद्यार्थियों को खोखला कर देता है उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से भी परीक्षा केन्द्र के भीतर सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों को सहयोग देने का आहवान किया